राज्य में कोरोना मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक आठ हजार सात सौ पैंसठ मरीज इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग चौहत्तर प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ चार नये मामले सामने आये हैं जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या ग्यारह हजार आठ सौ चौंसठ हो गयी है वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या तीन हजार चार है एनएमसीएच में आज दो और मरीजों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर नब्बे हो गयी है इधर पटना के पीएमसीएच और आरएमआरआई में कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से कोरोना नमूनों की जांच बाधित हो गयी थी दोनों संस्थानों में कल से कोरोना के नये नमूनों की विधिवत जांच शुरू हो जायेगी जमुई जिले मे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और तीन स्वास्थ्य कर्मियों सहित एक दर्जन कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है सभी के सम्पर्क सूत्र का पता लगाया जा रहा है पश्चिम चम्पारण के रामनगर थाना में तीन दिनों के अंदर छह कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाना के मेन गेट को बंद कर दिया गया है शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड कार्यालय और यूको बैंक की शाखा के एक एक कर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है जिला प्रशासन ने दोनों कार्यालयों को सैनिटाइज करने के लिये तीन दिनों तक बंद कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर प्रसन्नता व्यक्त की है श्री पाण्डेय ने कहा कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के नजदीकी संपर्क में रहने वाले सभी लोगों की जांच प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और बिहार में अभी तक यह महामारी नियंत्रण में है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और अब प्रतिदिन सात से नौ हजार लोगों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे मास्क लगाकर बाहर निकलें और दो गज की दूरी का पालन करें देश में अब तक चार लाख नौ हजार से अधिक कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में इस महामारी से चौदह हजार आठ सौ छप्पन रोगी ठीक हुए हैं स्वस्थ होने की दर लगभग साठ प्रतिशत से अधिक हो गई है इधर पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस के चौबीस हजार आठ सौ पचास मामलों की पुष्टि हुई है अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या छह लाख तिहत्तर हजार से अधिक हो गई है छह सौ तेरह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या उन्नीस हजार दो सौ अड़सठ हो गई है इस समय देश में दो लाख चौवालीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड उन्नीस के टीके इस महामारी के खिलाफ दुनियाभर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक की ओर से निर्मित कोवाक्सिन और जायडस कैडिला के जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है भारतीय औषध महानियंत्रक ने इन टीकों के लोगों पर परीक्षण की मंजूरी दे दी है

जायडेस के टीके को प्री क्लीनिकल चरण पूरा करने के बाद कंपनी के अहमदाबाद रिथत वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है आने वाले महीनों में इन संमावित टीकों की प्रमावशीलता की पहचान करने के लिए मानवों पर इसका परीक्षण किया जाएगा भारत बायोटेक और जाइडस कैंडिला ने इस लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों को गति दे दी है लेकिन अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लीनिकल साइटों के सहयोग पर निर्मर करेगा इस बीच भारत डब्ल्यूएचओ के सॉलिडेरिटी ट्रायल में भी हिस्सा ले रहा है

भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्र सरकार ने आज कहा कि इस वर्ष ग्यारह अप्रैल से बिहार सहित नौ राज्यों के ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया है कृषि मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल टिड्डी दल के प्रकोप से बिहार सहित अन्य नौ राज्यों में फसलों के अधिक नुकसान की सूचना नहीं मिली है मंत्रालय ने बताया कि उंचे व्रक्षों और अन्य स्थानों पर ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है भारत पहला देश है जहां टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और प्रसार रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने हर्ड इम्यूनिटी के विषय में आकाशवाणी से विशेष बातचीत की साउंड बाईट हर्ड इम्यूनिटी में सौ में से साठ लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पर नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब साठ प्रतिशत लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है इसको हम हर्ड इम्युनिटी बोलते हैं केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है बिहार सहित यह अभियान छह राज्यों के एक सौ सोलह जिलों में चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन इस अभियान का एक अहम हिस्सा है इसके जरिए क्शल अर्द्धक्शल और प्रवासी मजद्रों को पीने के पानी की आपूर्ति से संबंधित काम में रोजगार के बडे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं केन्द्र ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुडे राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां गावों में जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू करें ताकि स्थानीय व प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हर भारतीय से अनुरोध किया है कि वह स्थानीय भारत को वैश्विक भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फेरेन्सिंग के माध्यम से एक मोबाइल ऐप की श्रुआत करते हुए श्री नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उसे मजबूती प्रदान करना है उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह अभियान संतुलित ग्रामीण शहरी विकास को मजबूती देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का ऐसा मंच है जिससे उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है वाल्मीकिनगर बराज से इक्यानवे हजार दो सौ क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चंपारण में गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक और कमलाबलान सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हये तटबंधों की सुरक्षा के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गयी है बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता शशि रंजन पाण्डेय ने बताया कि तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी के लिये अभियंताओं की तैनाती की गयी है सीतामढ़ी के कटौंझा में बागमती नदी और खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं वहीं दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के कई पंचायतों में कमलाबलान नदी का पानी फैल गया है जिससे प्रखंड मुख्यालय से पंचायतों का सड़क संपर्क टूट गया है घनश्यामपुर के अंचलाधिकारी दीनानाथ कुमार ने बताया है कि प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये नाव चलायी जा रही है राजधानी पटना समेत प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के केसरिया में सबसे अधिक चौबीस सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं सारण के मढ़ौरा में नौ सेंटीमीटर जलालपुर और पताही में आठ आठ सेंटीमीटर तथा पटना कोईलवर गोपालगंज शिवहर छपरा और रेवाघाट में सात सात सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम इलाकों में भारी बारिश के साथ वजपात की आशंका जतायी है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है दरभंगा पुलिस लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साईकिल से गुरूग्राम से दरभंगा लाने वाली ज्योति की हत्या की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबर पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है उन्होंने बताया कि तीन लोगों को इस मामले में आरोपित बनाया गया है जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है दरभंगा के पुलिस अधीक्षक ने पतोर थाना प्रभारी को इस मामले में निलंबित कर दिया है पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के वातावरण में मनाया गया कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर कोई बड़ा आयोजन नही किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है जिन्होंने जीवन को सार्थक बनाया है इस अवसर पर उन्होंने सभी गुरुजनों को नमन किया कटिहार जिले के बलिया बेलोन और फलका थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पानी में डूबने से एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई वहीं अररिया जिले के आरएस ओपी के रजोखर के पेमाधार में नहाने के दौरान तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गयी कटिहार जिले के मनिहारी के दिलारपुर पंचायत के कृष्णनगर केवाला से गांधी टोला तक करीब सवा पांच किलोमीटर तटबंध निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है जिलाधिकारी कँवल तनुज ने बताया कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर नौ बम और हथियार बरामद किया है छापेमारी के दौरान अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये पश्चिम चम्पारण के वाल्मीकिनगर जंगल से भटक कर आए एक तेंदुए को आज वन विभाग की टीम ने काबू में किया अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा खगड़िया सदर प्रखंड के रांको पंचायत में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत हरित जीविका हरित बिहार अभियान का शुभारंभ किया इस अभियान के तहत जीविका दीदियों की ओर से डेढ़ लाख से अधिक पौधे लगाये जायेंगे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

घेर में रहिये सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी